कहा इससे देश की सुरक्षा और वाणिज्यिक हित संरक्षित हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जागरूकता है विकास का मुख्य आधार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल पहुचेंगे रायबरेली और प्रयागराज एक दिवसीय दौरे पर

प्रधान न्यायधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगाई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अरबों रूपये के इस सौदे में निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आशंका नहीं की जा सकती पीठ ने यह भी कहा कि किसी निजी पक्ष के साथ व्यापारिक पक्षधरता करने का कोई ठोस सबूत भी उपलब्ध नहीं है पीठ ने कहा कि लड़ाकू विमानों की खरीद प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाया गया शीर्ष न्यायालय ने कहा कि कीमत से संबंधित व्यापक ब्यौरों को निपटाना न्यायालय का काम नहीं है केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने राफाल लड़ाकू विमान सौदे को सही ठहराया है श्री जेटली ने कहा है कि इससे देश की सुरक्षा और वाणिज्यिक हित संरक्षित हुए है उन्होंने सौदे की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने से इंकार किया वित्तमंत्री ने कहा कि राफाल लड़ाकू विमान सौदे से भारत की सुरक्षा और वाणिज्यिक हित दोनों संरक्षित हुए हैं

इस बारे में हमने सील बंद लिफाफे में संकेत दिया है और कई बार सार्वजनिक रूप से भी कहा है वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि इस सौदे के बारे में बहुत सी झूठी बातें फैलाई गई लेकिन ऐसी बातें अधिक समय तक नहीं टिक पाती हैं और यही कारण है कि ऐसा करने वालों को हर तरह से हार मिली है इस अवसर पर ख्रामंत्री निर्मला सीतारामन ने राफाल सौदे के बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि इस सौदे की जांच की आवश्यकता नहीं है उन्होंने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि भारत अपनी रक्षा तैयारियों में किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ सकता श्रीमती सीतारामन ने कहा याचिका में उठाये गए तीनों मुद्दों पर न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया है न्यायालय के इस फैसले के बाद यह अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि राफाल पर उच्चतम न्यायालय का फैसला झूठ की राजनीति पर एक तमाचा है नई दिल्ली में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने मांग की कि लोगों को गुमराह करने के लिए कांग्रेस अव्यक्ष राहल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने रफाल सौदे की जांच वाली याचिका को खारिज कर के सरकार के रूख को साबित किया है एक टवीट संदेश में श्री राठौर ने कहा कि इससे सच की जीत हुई है उधर कांग्रेस ने कहा है कि वे राफाल सौदे में जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति की मांग करती रहेगी संसद से बाहर मीडिया से बातचीत में पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि राफाल सौदे पर उच्चतम न्यायालय के कल के फैसले को कांग्रेस की नाकामी के रूप में नहीं देखना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राफेल सौदे के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कांग्रेस पार्टी और उसके मुखिया राहुल गांधी को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए श्री योगी कल शाम लखनऊ में मीडिया से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि राफाल सौदे के बारे में लोगों को गुमराह करके कांग्रेस ने देश की छवि को न सिर्फ न्कसान पहुंचाया है बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कल लगातार तीसरे दिन राफाल लड़ाकू विमान और अन्य मुद्दों पर शोरगुल के कारण बाधित रही लोकसभा में भाजपा के सदस्यों ने रफाल मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आरोप लगाने के लिए कांग्रेस और इसके अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नारे लगाये राफाल सौदे की न्यायालय की निगरानी में जांच के लिए दायर याचिका को कल उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज कर देने के बाद सत्ताधारी दल के सदस्य श्री गांधी से सदन में माफी की मांग करने लगे शोरगुल के बीच अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद की कार्यवाही पहले दोपहर तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी राज्यसभा में भी भाजपा सदस्यों ने श्री राहल गांधी के खिलाफ नारे लगाये जिसके विरोध में कांग्रेस के सदस्यों ने भी नारेबाजी की और मामले की जांच समिति से कराने की मांग की शोरगुल के बीच उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही पहले साढे ग्यारह बजे तक और बाद में दिनभर के लिए स्थगित कर दी दोनों सदनों की बैठक अब सोमवार को होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जागरूकता विकास का मुख्य आधार है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नयी दिशा देने तथा ग्रामीण जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग के अधिकारियों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है ये अपनी सेवाओं के माध्यम से शासन की योजनाओं को हर जरूरतमन्द तक पहंचा सकते हैं उन्होंने कहा कि कोई कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है बल्कि कार्य करने की इच्छाशक्ति उसे बड़ा बनाती है मुख्यमंत्री कल लखनऊ के इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित प्रादेशिक विकास सेवा संगठन के वार्षिक अधिवेशन को सम्बोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल रायबरेली और प्रयागराज के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं श्री मोदी रायबरेली में आयोजित एक समारोह में रायबरेली फतेहपुर बांदा खंड की चौड़ी सड़क का उद्घाटन करेंगे एक सौ तैंतीस किलोमीटर लंबे इस खंड के चौड़ीकरण के कार्य में करीब पांच अरब अट्ठावन करोड़ रुपये की लागत आई है श्री मोदी आध्निक रेल कोच कारखाने को भी देखेंगे और हमसफर रेल बोगियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे इस दौरान वह कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के अलावा एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने कहा है कि देश में खेल कूद के माहौल में काफी बेहतरी आई है कल नई दिल्ली में अखिल भारतीय पुलिस खेल कद प्रतियोगिता के समापन समारोह में श्री राठौड़ ने कहा कि सरकार की खेलो इंडिया योजना से देश में क्रांति आ गई है उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत हर साल एक हजार युवा खिलाडियों का चयन कर के उन्हें प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी इस खेलो इंडिया कार्यक्रम में हर साल हम एक हजार खिलाड़ियों को चुनेंगे और उनको उसी तरह से पांच लाख रुपये की स्कॉलरशिप हर साल आठ साल तक देते रहेंगे प्रसार भारती के अध्यक्ष डॉ एसूर्यप्रकाश ने कल नई दिल्ली में डीडी किसान चैनल पर द्रदर्शन महिला किसान प्रस्कार कार्यक्रम का श्मारंभ किया इन पुरस्कारों के जरिये महिला किसानों के संघर्ष और सफलता की कहानियों को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा इस अवसर पर श्री सूर्यप्रकाश ने कहा कि वास्तविकता पर आधारित कार्यक्रम का प्रसारण डीडी किसान चैनल पर सत्रह दिसंबर से शुरू होगा

सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि इस कार्यक्रम के ज़रिये लोग महिला किसानों के संघर्ष और सफलता से अवगत हो सकेंगे इस वर्ष के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए अंग्रेजी के जाने माने लेखक अमिताभ घोष को चुना गया है अपने उपन्यासों में श्री घोष ने इतिहास को आध्निक युग के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत किया है